पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री को आज उनके जन्मदिवस पर किया जा रहा है स्मरण महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज से नई दिल्ली में कर रहा है छः दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनिया गुतेरेश नई दिल्ली में फ्र्वानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यूनाइटेड नेशन्स चौम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से करेंगे सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा खच्छ भारत मिशन ग्रामीण और सौमाग्य योजना से बड़ी संख्या में लोग हुए है लामान्वित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलेवार प्रगति की समीक्षा की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज प्रदेश भर में मनाई जा रही है विमिन्न स्थानों पर लोग उनकी मूर्तियों और चित्रों पर माल्यार्पण कर के उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्वाजंलि अर्पित कर रहे हैं कई स्थानों पर प्रभात फेरियां निकाली गयी हैं जबकि कई जगहों पर बापू के प्रिय भजनों के गायन के कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं कुछ स्थानों पर चरखा कातने के भी कार्यक्रम आयोजित किए गये हैं गांधी आश्रमों द्वारा आज विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गये हैं आज ही पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की भी जयंती मनायी जा रही है विभिन्न स्थानों पर लोग उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता की जयंती पर प्रदेशवासियों को ब्याई दी है बघाई संदेश में उन्होंने कहा है कि गांधी जी के विवारो से पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है सत्य और अहिंसा के माध्यम से उनके नेतृत्व में चला भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन विश्व के इतिहास में विलक्षण है उन्होंने कहा कि गांधी जी के रिक्षाओं का अनुसरण ही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्वाजलि होगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय महात्मा गांधी की जयंती पर पर आज शाम से नई दिल्ली के पालिका बाजार में एक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है

इसका उदघाटन सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस कल भारत की तीन दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे वे महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे अपनी यात्रा के दौरान श्री गुतेरेस वैश्विक चुनौतियों जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं से बातचीत करेंगे अपनी यात्रा पर भारत पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि आतंकवाद और हिंसक घटनाओं को रोकने में भारत संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है श्री गुतेरेस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग तेंगे वह वैश्विक चुनौतियां वैश्विक समावान विषय पर इंडिया हेबीटेट सेंटर में व्याख्यान भी देंगे श्री गुतेरेस चौंपियंस ऑफ अर्थ समारोह में भाग लेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कहा है कि भारत दो हजार उन्नीस तक खुले में शौच से मृक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही दिशा में अग्रसर है कल नई दिल्ली में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि स्वच्छ भारत मिशन जन आंदोलन बन गया है उन्होंने कहा कि खुले में शौव से मुक्ति महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर राष्ट्र का उनके प्रति सबसे बड़ा उपहार हो सकता है इस अक्सर पर केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा नदी के किनारे बसे लगमग समी गांव अब खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित एप्पल कम्पनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी से कल मुलाकात की और उन्हें सरकार की ओर से यथासंभव मदद का आश्वासन दिया विवेक तिवारी की गत शुक्रवार को राजघानी लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में पूलिस के सिपाही ने गोली मार कर हत्या कर दी थी मुख्यमंत्री ने इस घटना को दूखद बताते हए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाये व्यक्त की उन्होंने कहा कि इस जघन्य कृत्य के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गम्मीर बीमारियों से ग्रसित विभिन्न जनपदो के तिरान्नबे को एक करोड़ चौंतीस लाख सत्तासी हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गयी है लामार्थियों में अधिकतर व्यक्ति कैंसर इदय किडनी तथा लीवर से सम्बंधित बीमारियों से ग्रसित हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कल यूनाइटेड नेशन्त चौम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनिया गुतेरेश नई दिल्ली में श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे मीडिया से बातवीत में विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव टी एस तिरूमूर्ति ने बताया कि पिछले साल न्यूयॉर्क में घोषित यह प्रस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार नीति संबंधी नेतृत्व श्रेणी में दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रमीण और सौभाग्य योजना से बड़ी संख्या में लोग लामान्वित हुए हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दो अक्टूबर दो हजार अट्ठारह तक चौंतीस जिलों को ओडीएफ घोषित किये जाने की स्थिति में हैं शेष इकतालीस जिलों को भी ओडीएफ करने के लिए तीस नवम्बर तक का लक्ष्य दिया गया है मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा सौमाग्य योजना के जिलेवार प्रगति की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे उन्होने इज्जतघर निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के लिए धीमी प्रगति याले जनपदों के गांवों में नोडल अधिकारी तैनात करने के लिए कहा है श्री योगी ने समी मंडलायुक्तों को अपने अपने मंडल के जनपदों में इज्जत घर निर्माण कार्य की मानिटरिंग करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने सौमाग्य योजना के तहत लामार्थियों को दिये जाने वाले विद्युत संयोजनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश को इकतीस दिसम्बर दो हजार अट्ठारह तक विद्युतीकरण करने के लिए कृत संकल्पित है उन्होंने कहा कि आगामी छबीस जनवरी दो हजार उन्नीस को राज्य सरकार पूरे प्रदेश में लामार्थियों के साथ वहद दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवारों को विद्युत उपलब्ध करा कर उनके जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहती है उन्होंने समी जनपदों में विद्यत कनेक्शन देने से पहले प्रचार अमियान चलाने और इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिये

उप मृख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा के लिए समर्पित है उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के लोग सोशल मीडिया पर झठा प्रवार करने में लगे हुए हैं भाजपा के आईटी विमाग की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए श्री मौर्य ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस ने सत्ता का सदैव दुरूपयोग किया है और आगामी चुनावों में उनकी स्थिति दो हजार र्चोदह से भी ज्यादा खराब होगी बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बसल ने कहा कि आगामी चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए महायुद्द है उन्होंने भाजपा की आईटी विमाग की टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि मंडल स्तर पर टीम के पुर्नर्गठन का काम लगभग पूरा हो चुका है उन्होंने कहा कि आगामी नवम्बर में आईटी विमाग नमो एप कैम्पेन चलायेगी जिससे अधिक से अधिक लोगों को नमो एप से जोड़ा जा सकेगा वन्य प्राणी संरक्षण में व्यापक जनसहभागिता प्राप्त करने के उददेश्य से वन एवं वन्य जीव विमाग द्वारा एक से सात अक्ट्बर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में इस अक्सर पर कल एक समारोह का आयोजन किया गया